हमेशा की तरह लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है

लगभग एक लाख छात्रों को प्रक मिली है सबसे अच्छा परिणाम नीमच देवास और मंदसौर जिलों से आया है

इस वर्ष कोरोनो वायरस महामारी के कारण परीक्षाएं पूरी नहीं हो सकी थी इसलिए रद्द किए गए विषयों के लिए छात्रों की अंकतालिकाओं पर उत्तीर्ण लिखा गया है

इन्दौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में कल सांसद शंकर ललवानी नई परीक्षण मशीन और साफ्टवेयर का लोकार्पण किया

पथ विक्रेताओं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरी पथ विक्रेता योजना में ग्रामीण पथ विक्रेताओं को भी जोड़ा जायेगा

गुरू पूर्णिमा राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आषाढ़ पूर्णिमा पर धम्म चक्र दिवस समारोहों का आज राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन किया समारोहों का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किया है श्री कोविंद ने कहा कि बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेशों का विशेष महत्व है उन्होंने कहा कि धम्म चक्र दिवस वाराणसी के निकट सारनाथ में पहले पांच शिष्यों को भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में मनाया जाता है

डीजी विद्यापीठ के फाउंडर प्रदीप खत्री ने बताया कि नए तरह के खास शॉर्ट टर्म ऑनलाइन स्किल कोर्सेज़ लांच किये गये हैं ताकि लोग घर बैठे ही अपनी स्किल्स निखारें और आत्मनिर्भर बन सकें